इनमें पैंतालीस विदेशी नागरिक शामिल है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सड़सठ रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है अब तक कोरोना वायरस से सत्रह लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण के पचहत्तर नये मामले सामने आये हैं और चार लोगों की मौत की जानकारी मिली है राज्य में कोविड उन्नीस के मामलों की संख्या बढ़कर नौ हो गयी जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है आज संक्रमण के दो नये मामले पटना और सीवान जिलों से आये हैं पटना में संक्रमित व्यक्ति एक निजी अस्पताल का वार्ड ब्वॉय है जो कुछ दिनों पहले मुंगेर के कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति के संपर्क में आया था वहीं सिवान का संक्रमित व्यक्ति हाल ही में दुबई से लौटा है इन दोनों को पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पहले से ही कोरोना संक्रमित पांच मरीज भर्ती हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश की मस्जिदों और खानकाहों में आज जुमे की नमाज अदा नहीं की गयी इमारत ए शरिया और विभिन्न खानकाहों की ओर से इस संबंध में पहले ही अपील जारी की गयी थी सभी मस्जिदों में अज़ान दी गयी लेकिन लोगों ने जुमे की नमाज की जगह अपने अपने घरों में जोहर की नमाज अदा की राज्य सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में शेल्टर होम्स की स्थापना की है इन शेल्टर होम में गरीबों को मुफ्त खाना उपलब्ध कराया जा रहा है

उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों में लोगों के इलाज की भी व्यवस्था की गयी है बांका जिले के शशिभूषण प्रसाद ने बताया कि दूरदराज के इलाकों में भी क्वारेंटाईन सेंटर बनाये गये हैं

दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे के मद्देनजर जिला पुलिस के जवानों को लंबी बाजू की वर्दी पहनकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया है राज्य के प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है चौबीसों घंटे काम करने वाले इस नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नम्बर हैं शून्य एक एक दो तीन सात नौ दो शून्य शून्य नौ शून्य एक एक दो तीन शून्य एक चार तीन दो छह और शून्य एक एक दो तीन शून्य एक तीन आठ आठ चार राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस की रिपोर्टिंग के लिए एक वेबसाइट कोविड उन्नीस डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन लांच की है इस वेबसाइट पर संदिग्ध मरीज खुद को पंजीकृत कर सकते हैं या अन्य किसी संदिग्ध की जानकारी दे सकते हैं केन्द्र सरकार ने तीन परतों वाले फेस मास्क की अधिकतम कीमत सोलह रुपये निर्धारित की है यह कीमत बिना बुनाई वाले मास्क पर तीस जून तक के लिए लागू रहेगी इससे पहले केन्द्र सरकार ने दो और तीन परतों वाले सर्जिकल मास्क की कीमत आठ और दस रुपये निर्धारित की थी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि आम जनता की मांग पर दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कल से रामायण धारावाहिक का प्रसारण फिर से शुरू होगा एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि धारावाहिक की पहली कड़ी का प्रसारण सुबह नौ बजे से दस बजे तक और दूसरी का रात नौ बजे से दस बजे तक किया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विधायकों और विधान पार्षदों से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना निधि से कोरोना उन्मूलन कोष में न्यूनतम पचास लाख रूपये की राशि अंशदान करने की अपील की है मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने कहा कि इस राशि का उपयोग कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उपकरणों की खरीद दवा और वितरण सहित अन्य सामग्रियों के लिए किया जायेगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी से निपटना चुनौतीपूर्ण है लेकिन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना डॉक्टरों का कर्तव्य है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर नर्स और अर्ध चिकित्सा कर्मी रात दिन काम में जुटे हैं उन्होंने लोगों को घरों में रहने और बाहर न निकलने की सलाह दी

एक मात्र जो तरीका है लॉकडाउन और लॉकडाउन में आपको होम आइसोलेशन और होम स्टे इससे हमलोग पूरी तरह से एकदम पूरा हम इस बीमारी को रोक सकते हैं डॉक्टर विश्वास ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी में मृत्यु दर काफी कम है लेकिन इस संक्रमण के एक से दूसरे में फैलने की आशंका काफी अधिक है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड उन्नीस वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें बाईट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें अगर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार महसूस हो तो उसे तत्काल अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना है लोगों को परामर्श दिया जाता है कि बिना हाथ धोये अपने आंख नाक और मुंह को स्पर्श न करें स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश है कि बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना जरूरी है अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सैनेटाइजर से भी हाथ साफ रखे जा सकते हैं खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर को बंद कूड़ेदान में फेंकना जरूरी है बुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है इसका नंबर नोट कीजिए एक शून्य सात पांच इस नंबर से आप सलाह ले सकते हैं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से सशस्त्र सेनाओं सहित सरकार के सभी अंगों में कामकाज में काफी कमी आ गई है सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि सेना के कर्मचारियों और उनके परिवारों को हर तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है

यह संदेश मैं अपने वीर नारी और वेटरेंस को भी देना चाहता हूं कि आपको भी कोई तकलीफ होती है तो आप नजदीक के कैंप में जा सकते हैं और अगर नहीं जा सकते तो हमने कमांडवाइस हेल्पलाईन स्थापित किए हैं वहां हमको फोन करके जो भी अवश्य हो उसको बतायें हम जरूर उसको दूर करेंगे देश की अनेक प्रमुख हस्तियों ने नागरिकों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान घर में ही रहने के सरकार के आदेश का कड़ाई से पालन करें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें शास्त्रीय संगीतकार विश्व मोहन भट्ट ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और लोगों से अनुरोध किया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सभी सावधानियां बरते

उन लोगों को चाहिए कि वे तुरंत ही रिपोर्ट करें कि उनको ये बीमारी उनके लक्षण में दिखाई दे रहे हैं ताकि दूसरों में फैलने से इसको रोका जा सके सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बनाये रखिये इस लॉकडाउन को कर्फ्यू की तरह ही हम लोग इसको ट्रीट करें जाने माने कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज ने भी लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित लॉकडाउन का पालन करें

प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू की पूष्टि के बाद मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने पशु और मत्स्य संसाधन विभाग को फ्लू के प्रभाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं श्री कुमार ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों की अप्राकृतिक मृत्यु पर नजर रखने को कहा है गौरतलब है कि पटना नालंदा और नवादा जिले में कौओं और कुछ अन्य पक्षियों में बर्ड फलू की पुष्टि हुई है इन जिलों में पॉल्ट्री फार्म पर भी नजर रखी जा रही है भारतीय रिजर्व बैंक ने आज ब्याज दरों में कमी किए जाने और सभी कर्जों के मासिक भूगतान पर तीन महीने तक की राहत देने की घोषणा की है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोगों को बैंकों में जमा धन को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए और घबराहट में पैसा नहीं निकालना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे नकदी के प्रवाह में सुधार होगा तथा मध्यम वर्ग और व्यापार जगत को राहत मिलेगी इसके साथ ही कर्ज की दरों में कमी होगी वित्त मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि वे बैंकों के बंद रहने के बारे में अफवाहों पर ध्यान न दें एक ट्वीट में आज मंत्रालय ने कहा कि सभी बैंक काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे सभी बैंक शाखाओं और एटीएम में भी पर्याप्त नकदी उपलब्ध है